इसके लिए सभी राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक में उचित कदम उठाने को कहा गया है इस योजना के तहत कोई भी लाभार्थी देश में किसी भी राज्य में अपने हिस्से का राशन ले सकेगा

मंत्री अरविंद पांडे को छोड़कर कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे बैठक में पौड़ी की ल्वाली झील के लिए करीब सात करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये

इसके अलावा मंडी परिषद में रिवोल्विंग फण्ड स्वीकृति किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद गढ़गांव में एनसीसी अकादमी के लिए भूमि चिंहित करने समेत कई अहम फैसले लिये गये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कैबिनेट बैठक में पलायन रोकने और जल स्रोतों के पुनर्जीवन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर स्वर्ण जयन्ती समारोह का श्भारम्भ किया साथ ही स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं में पढाये जाने वाले गढ़वाली पाठ्य पुस्तकों का विमोचन भी किया मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों ने रांसी स्टेयिम के नजदीक पौधरोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का सन्देश भी दिया स्लग अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने नैनीताल जिले के खैरना बैराज का निरीक्षण किया नैनीताल और रानीखेत की पेयजल समस्या के स्थायी निदान के लिए बन रहे इ स बैराज के निरीक्षण के दौरान राज्यसभा सांसद ने कहा कि खैरना में कोसी नदी पर बांध बनाया जाना आज के दौर की विशेष आवश्यकता है ताकि लोगों को निर्बाध रूप से पेयजल की आपूर्ति हो सके उन्होंने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को भविष्य में होने वाली जल की मांग को ध्यान में रखते हुए डीपीआर बनाने के निर्देश दिये

प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात की यह पहली कड़ी है

इसको दूरदर्शन और अन्य सहयोगी चैनल भी प्रसारित करेंगे इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण किया जाएगा स्लग वेबसाइट लॉन्च अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के कार्यों को सरल और सुगम बनाने के लिए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अल्मोड़ा की वेबसाइट को लॉन्च किया गया है इस मौके पर जिलाधिकारी और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन नक्शे पास किए जायेंगे साथ ही नक्शों को अपलोड कर ऑनलाइन ही टाउन प्लानर को भेजे जायेंगे और लोगों को ऑनलाइन नक्शे पास करने की सुविधा भी प्राप्त होगी उन्होंने बताया कि वेबसाइट में सभी शासनादेश प्राधिकरण में नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के सम्पर्क नम्बर उपलब्ध रहेंगे जिससे लोग अपनी समस्या और सुझाव सम्बन्धित अधिकारियों को भी दे सकेंगे जिलाधिकारी ने कहा कि वेबसाइट के बनने से प्राधिकरण में आ रही समस्याओं का समाधान करने में सह्लियत होगी स्लग गरुड़ गंगा बागेश्वर जिले में गरुड़ गंगा पुनर्जनन अभियान के दूसरे चरण का काम शुरू किया जाएगा इस संबंध में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने नामित नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की जिलाधिकारी ने कहा कि गरुड़ गंगा पुनर्जनन अभियान के दूसरे चरण में चाल खाल खंतिया टैंक और गड्डे बनाए जाने हैं उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आम लोगों को रेन वॉटर हारवेस्टिंग टैंक बनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिये बैठक में कैचमेंट एरिया के सभी नोडल अधिकारियों को पावर प्वाइंटर के माध्यम से कार्यों की जानकारी दी गई इस दौरान नौ रिचार्ज जोनों की समीक्षा की गई

स्लग नवनियुक्त जिलाधिकारी टिहरी के नवनियुक्त जिलाधिकारी वी षणमुगम ने जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने को अपनी प्राथमिकता बताया पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी उन्होंने कहा कि मॉनसून में प्रशासन की जिमेदारियां और भी बढ़ जाती है इसके लिए सभी विभागों से तालमेल किया जायेगा इससे पहले वी षणमुगम ने राजस्व विभाग के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया और पटलों से सम्बन्धित कार्य प्रक्रिया की जानकारी लेने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिये

मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक आने वाले एक से दो दिन में पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है लेकिन मैदानी हिस्सों में रह रहे लोगों को गर्मी का सामना करना होगा

उम्मीद की जा रही है कि जुलाई का महीना बारिश के लिहाज से बेहतर होगा ताकि किसानों की मुश्किले कुछ कम होंगी स्लग मानसून चंपावत चम्पावत जिले में बरसात के मौसम के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है जिले की पूर्ति अधिकारी शिल्पी शुक्ला ने बताया कि गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध करने के साथ ही जिलेभर की सस्ते गल्ले की दकानों में तीन महीने का अग्रिम राशन का भी वितरण किया गया है

जिससे किसी भी प्रकार की आपदा के समय इन केंद्रों से प्रभावित लोगों को जरूरत के मुताबिक खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके उन्होंने बताया कि सभी पेट्रोल पंपों में पांच हजार तक का अतिरिक्त स्टॉक रखने और गैस गोदामों में सौ अतिरिक्त सिलेण्डर रखने के निर्देश भी दिये गए हैं स्लग दूरदर्शन स्थापना दिवस आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून के साथ ही दूरदर्शन समाचार के क्षेत्रीय समाचार एकांश की शुरुआत के आज दो वर्ष पूरे हो गए हैं आज ही के दिन तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने डीडी न्यूज के पहले बुलेटिन का लोकार्पण किया था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह और रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई गणमान्य लोगों ने इस मौके पर उपस्थित थे अपनी स्थापना के साथ से ही डीडी न्यूज उत्तराखंड राज्य के विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहा है साथ ही अपनी लोक संस्कृति के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है राज्य के सुदूर पर्वतीय गांवों तक डीडी न्यूज उत्तराखंड की पहुंच है और अपने इस चैनल के माध्यम से वे लोग अपनी आवाज अपनी बातें साझा करते हैं वहीं डीडी न्यूज उत्तराखंड यू ट्यूब फेसब्क और ट्वीटर पर भी उपलब्ध है

वहीं फेसबुक पर दूरदर्शन समाचार देहरादून और ट्वीटर पर डीडी न्यूज देहरादून को फॉलो कर ताजा समाचार देख सकते हैं

परिक्रमा पूरी कर चीन से वापस लौटे इस दल ने गुंजी से बूंदी के लिए प्रस्थान किया

वहीं चौथा दल नाबी गांव से गुंजी के लिए निकल चुका है

कैलाश मानसरोवर यात्रा का पांचवा दल आज सुबह अल्मोड़ा से धारचूला के लिए रवाना हुआ

दैनिक जीवन में सांख्यिकी का उपयोग बढ़ाने और नीति निर्माण में सांख्यिकी की उपयोगिता से लोगों को अवगत कराने के लिए यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष की थीम है सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में प्रोफेसर पी सी महालनोबिस के योगदान के स्म रण में उनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है प्रदेश में भी सांख्यिकी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए

गोष्ठी में कहा गया कि प्रोफेसर महालनोबिस का सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा शुरू किया गया सैंपल सर्वे की संकल्पना है इसके आधार पर आज के युग में बड़ी बड़ी नीतियां और योजनाएं बनायी जाती हैं